कल इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

इसकी जांच के लिये सरकार ने आठ अधिकारियों को अधिकृत किया है

कार्मिक विभाग ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अनिल खाची को वित्त योजना अर्थ एवं सांख्यिकी और बीस सूत्रीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी है उल्लेखनीय है कि प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले उनके पास यही विभाग थे

दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है आज के दिन शाम को दीप दान की प्रथा है इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और उनके लिये दीप दान किया जाता है मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है क्लीन दिवाली जिला कुल्लू में आज दिवाली की पूर्व संध्या पर ढालपुर का रथ मैदान हजारों दीयों से रोशन किया जाएगा और इन दीयों के माध्यम से क्लीन दिवाली ग्रीन दिवाली और स्वच्छ कुल्लू स्वस्थ कुल्लू का संदेश दिया जाएगा जिला प्रशासन ने कुल्लू शहर की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से दिवाली के शुभ अवसर पर यह सराहनीय पहल करने का निर्णय लिया है जिलाधीश ऋचा वर्मा ने सभी कुल्लूवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए इस बार प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील की है बीएसएनएल दीपावली के अवसर पर बीएसएनएल ने अपने सभी लैंड लाइन और ब्रॉड बैंड ग्राहकों के लिए असीमित कॉलिंग की घोषणा की है ग्राहक भारत में कहीं भी अपने दोस्तों और परिवारों को किसी भी लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पर असीमित कॉल कर सकते हैं

पेट्रोल डीजल महंगा प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है बढ़ी हुई दरों में सरकार ने पेट्रोल पर वैट दो दशमलव चार और डीजल पर एक दशमलव नौ फीसदी बढ़ाया है इसके बाद अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में ढाई रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी ये नई दरें पहली नवंबर से लागू होंगी इस सम्बंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है आग जिला लाहौल स्पीति उपमंडल के मुख्यालय काजा में बीती रात उपमंडल अधिकारी कार्यालय में आग लगने से कार्यालय जलकर नष्ट हो गया है बताया जा रहा है कि आग की ये घटना एलपीजी गैस हीटर के सिलेंडर में लीकेज की वजह से हुई एसडीएम जीवन नेगी ने बताया कि इस अग्निकांड में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है किन्तु कार्यालय के कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर नष्ट हो गए हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हजारों अंशकालिक बनेंगे दैनिक भोगी शहरी गरीबों को मिलेंगे घर पंजाब केसरी की सुर्खी है नई आयुष आईटी और आवासीय नीति को सरकार की मंजूरी दिव्य हिमाल के शब्द हैं हिमाचल सरकार लाई आयुष नीति काश्तकारी भू सुधार नियमों में छूट दैनिक भास्कर ने लिखा है सरकार का बड़ा फैस्ला बिना मंजूरी और एनओसी के लगाओ तीन तरह की इंडस्ट्री दैनिक जागरण के अनुसार आयुष और आईटी उद्योगों का रास्ता साफ हिमाचल दस्तक के मुताबिक अनुबंध व अंशकालिक कर्मियों को मिला दिवाली का तोहफा अमर उजाला की एक खबर है सूबे में आज से तीन महीने बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध किसानों के हवाले से दिव्य हिमाचल ने खबर दी है बल्ह घाटी में नहीं बनने देंगे एयरपोर्ट

अजीत समाचार की एक खबर है हिमाचल को मिलेगी सौ इलेक्ट्रिकल बसें केन्द्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी आपका फैसला की सुर्खी है शिमला शहर में दौड़ी चार इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा होने पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में धनतेरस फीकी पेट्रोल डीजल महंगा अमर उजाला का शीर्षक है एक नवंबर से ढाई रुपये तक महंगा होगा पेट्रोल और डीजल

हजारों दीये जलाकर देंगे स्वच्छ कुल्लू स्वस्थ कुल्लू का संदेश आपका फैसला की खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स की नशे पर सुर्खी है सूबे में युवाओं को नशे से निजात दिलाने को खुलेंगे पुनर्वास केन्द्र